महाराष्ट्र में यवतमाल के पंढकवाड़ा में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे धैर्य बनाये रखें उन्होंने कहा कि वह आतंकी हमले में जवानों के शहीद होने पर जनता क आक्रोश को समझते हैं श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र को अपने सुरक्षाबलों पर गर्व और पूरा विश्वास है और सुरक्षा बलों को स्थिति से निपटने की पूरी छूट दी गई है बाइट पुलवामा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ रहा हूं शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें उन्हें सजा जरूर दी जाएगी पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद हमारे पड़ोसी देश का दूसरा नाम बन गया है बाइट एक ऐसा देश जो भारत के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आया जिसके यहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है जो आज दीवालिया होने की कगार पर खड़ा है वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है रैली के दौरान शहीदों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया पुलवामा आतंकी हमल के बाद उत्पन्न स्थिति पर विचार विमर्श के लिए आज नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में इस जघन्य हमले की कड़ी निन्दा की गई और एक प्रस्ताव पारित किया गया सभी दलों ने इस हमले की भत्सना की बैठक में आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों तथा आतंकवादियों को सीमापार से मिल रहे समर्थन की कड़ी निंदा की गई प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत में सीमापार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और देश ने इस चुनौती से निपटने में द्रढ़ता और लचीलेपन का परिचय दिया है बैठक की अध्यक्षता गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की

श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने शुरू से ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपना रखी है बाद में संवाददाताओं को बातचीत करते हुए केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तामर ने बताया कि बैठक में सभी दलों ने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सरकार का समर्थन किया उन्होंने बताया कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और हिंसा से मुक्त कराने का सरकार का संकल्प दोहराया है प्रसार भारती बोर्ड ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की है अपने संदेश में बोर्ड ने शहीद सैनिकों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की है

इनका संरक्षण और स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है श्री नायडू आज प्रयागराज कुंभ में संगम पर पूजा अर्चना करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने नदियों को साफ सुथरा रखने के उद्देश्य से कुंभ की परम्परा शुरू की थी

कुंभ के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि कुंभ ऐतिहासिक विरासत है और यहां से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व में जाता है उन्होंने युवाओं का आहवान करते हुए कहा कि देश बदल रहा है और निरन्तर बदलते हुए परिवेश में अपनी प्रतिभा को बरकरार रखने के लिये हर क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी जरूरी है उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानन्द को आदर्श मानते हुए युवाओं को देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिये इस अवसर पर उप राष्ट्रपति ने कहा कि पुलवामा में आतंकी घटना की निन्दा करना ही काफो नहीं है बल्कि षड्यंत्रकारियों को सही सबक सिखाये जाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि आतंकवाद का संरक्षण करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिये देश की सेना सक्षम है श्री नायड् अरैल स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम गये और कुंभ मित्र स्वयं सेवक के कार्यक्रम में भी भाग लिया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

पुलवामा में गुरूवार को हुई आतंकी घटना में शहीद प्रदेश के सीआरपीएफ जवानों का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज विभिन्न जिलों में उनके पैतृक गांवों में कर दिया गया चन्दौली में शहीद जवान अवधेश यादव को नम आंखों से लोगों ने उनके पैतृक गांव बहादुरपुर में अंतिम विदाई दी अन्त्येष्टि के समय तिरंगे के साथ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा

मैनपुरी में शहीद सैनिक राम वकील का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव विनायकपुर में किया गया इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री सत्यदेव पचौरी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी आगरा म हजारों लोगों की मौजूदगी में शहीद जवान कौशल किशोर का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव कहरई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया शव यात्रा में सांसद राम शंकर कठेरिया विभिन्न सामाजिक शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा हजारों लोगों ने शिरकत की उधर शामली जिले के दो शहीद जवानों का अंतिम संस्कार उनके गांवों में किया गया और जानकारी हमारे प्रतिनिधि से पुलवामा की आतंकी घटना में शहीद शामली के दो जवानों का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांवों में कर दिया गया

शहीद प्रदीप के पार्थिव शरीर को उनक बड़े बेटे सिद्धार्थ ने मुखाग्नि दी दोपहर बाद शामली के रेलपार निवासी शहीद जवान अमित कुमार का अंतिम संस्कार किया गया

अनुज सैनी आकाशवाणी समाचार शामली कन्नौज में शहीद जवान प्रदीप सिंह यादव की अंतिम यात्रा में दूर दराज के लोगों की भारी भीड़ जुटी हमारे प्रतिनिधि ने बताया पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद कन्नौज जिले के सीआरपीएफ जवान प्रदीप सिंह यादव का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके गांव अजान आते ही कोहराम मच गया शहीद को श्रद्दांजलि देने के लिए दूरदराज से लोगों की भारी भीड़ जुटी राज्य मंत्री संदीप सिंह और अर्चना पाण्डेय ने पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्दांजलि दी और परिजनों को ढांढस बंधाया पैतृक गॉव अजान में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शहीद की बड़ी पुत्री सुप्रिया ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी अंतिम यात्रा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता और पदाधिकारी प्रमुख रुप से मौजूद रहे रवि कुमार द्विवेदी आकाशवाणी समाचार कन्नौज इस आतंकी घटना में राज्य के ग्यारह जिलों के बारह सीआरपीएफ़ जवान शहीद हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज़िलाधिकारियों को बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को चौबीस घंटे के अन्दर सहायता राशि मुहैया कराने के निर्देश दिये हैं श्री योगी ने चेतावनी दी है कि आपदा प्रभावितों को राहत और मदद पहुंचाने के काम में शिथिलता बरतने वालों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जायेगी श्री योगी ने चौदह और पन्द्रह फरवरी को बारिश आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि जैसी दैवीय आपदा में मौत का शिकार हुए लोगों के आश्रितों को चार लाख रूपये की सहायता राशि फौरन वितरित करने को कहा है इस आपदा के दौरान विभिन्न जिलों में छब्बीस लोगों की मौत हुई है और पांच लोग घायल हुए हैं मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को यह निर्देश भी दिये हैं कि वे अपने अपने जिलों में फसलों को हुई क्षति का आकलन अड़तालीस घंटे के भीतर करायें तथा जिन किसानों की बोई गई फसलों में तैंतीस प्रतिशत से ज्यादा का नुकसान हुआ है उन्हें कृषि निवेश अनुदान दिया जाये